प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में झारखंड सहित देश विदेश से जुड़ी कई बातों को साझा किया उन्होंने लोगों से अपील की कि वे त्यौहारों के इस मौसम में बाजार से खरीददारी करते समय स्थानीय उत्पादों को प्राथमिकता दें

प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनियाभर में भारतीय उत्पादों को बहुत ज्यादा पसन्द किया जा रहा है उन्होंने कहा कि ऐसे अनेक स्थानीय उत्पाद हैं जिनमें विश्व स्तर का बनने की क्षमता है प्रधानमंत्री ने इसबारे में खादी का उदाहरण दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान खादी के बने मास्क काफी लोकप्रिय हए हैं देश में कई स्थानों पर स्वयं सहायता समूहों ने खादी के मास्क बनाए हैं श्री मोदी ने कहा कि भारत के स्थानीय उत्पादों के साथ अक्सर आत्मनिर्भरता का पूरा जीवन दर्शन जुड़ा होता है अपने मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के अध्यात्म योग और आयुर्वेद की तरह कई राष्ट्रीय खेलों ने दुनिया को आकर्षित किया है उन्होंने कहा कि हमारा मलखम्ब अनेक देशों में प्रचलित हो रहा है

प्रधानमंत्री ने कहा कि त्यौहारों के इस दौर में हमें लॉकडाउन की अवधि को याद रखना चाहिए जब लोगों को अपने आसपास के उन लोगों के महत्व का पता चला जो हमारे दैनिक जीवन में हमारी बहत सहायता करते हैं प्रधानमंत्री ने लोगों से उन बहादुर सैनिकों को याद रखने को भी कहा जो सीमाओं पर देश की रक्षा कर रहे हैं

उन्होंने झारखंड में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह का उदाहरण दिया जिन्होंने खेतों से सीधे लोगों के घरों तक फल और सब्जियां पहंचाई उन्होंने आजीविका फार्म फ्रेश नाम से एक ऐप बनाया जिसके जरिये लोग आसानी से सब्जियां मंगा सकते थे

दूरदर्शन समाचार के एक कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में तीन वैक्सीन पर परीक्षण चल रहा है इनमें एक टीका परीक्षण के अंतिम दौर में है अन्य दो वैक्सीन परीक्षण के दूसरे चरण में हैं पलामू पुलिस ने आज अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के नौ अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता पायी है यह गिरफ्तारी झारखंड के अलग अलग जिलों के अलावा बिहार के कुछ जिलों से भी हुई है सारे अपराधी ऑनडिमांड वाहनों की लूट करते थे और संबंधित व्यक्ति को मुहैया कराते थे इस गैंग के द्वारा पलामू जिले के कई क्षेत्रों में चोरी और लूट की अलग अलग घटनाओं को अंजाम दिया गया है पुलिस को लंबे समय से इस गिरोह की तलाश थी पलामू में हुई चोरी और लूट की घटनाओं के बाद जिले के पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार ने टीम गठित की थी

उन्होंने एक दूसरे को दशहरा महापर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी श्री रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड विकास के रास्ते पर तेजी से अग्रसर है उन्होंने उम्मीद जताई कि हेमंत सोरेन की सरकार राज्यवासियों की उम्मीदों पर खरा उतरेगी

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू सहित राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी देशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि यह त्योहार देश की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ करता है और हमें अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि यह त्योहार भगवान राम के पवित्र और सदगुण संपन्न जीवन की याद दिलाता है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट संदेश में कहा कि यह पर्व बुराई पर अच्छाई की जीत और असत्य पर सत्य की विजय से सभी के जीवन में नई प्रेरणा देता है इधर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल द्रोपदी मुर्मू ने राज्यवासियों को संयुक्त रूप से शुभकामनाएं देते हुए कहा है कि कोविड महामारी के दौरान अपने अपने घरों में ही मां की अराधना करें मां दूर्गा राज्यवासियों को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान कर समुद्ध और खुशहाल रखें विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजधानी रांची स्थित आवासीय मंदिर में सपरिवार पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और राज्य की सुख समृद्धि शांति और समग्र विकास की कामना की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि दशहरा बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की जीत का महापर्व है उधर जमशेदपुर में पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी सपरिवार कुमारी कन्याओं का पूजन किया इस दौरान उन्होंने कहा कि कन्या प्रजन का बहुत महत्व है समाज और परिवार में कन्याओं का सम्मान हमेशा से किया जाता रहा है

अपने स्तर पर समुदाय को सशक्त बनाने के लिए विभिन्न समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक कर रही हैं इसी तरह का कार्य हजारीबाग जिले के बरही प्रखंड स्थित रानीचुआं पंचायत में भी हो रहा है